प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य केवल लोगों के कल्याण के लिए काम करना है श्री मोदी कल शाम आगरा दमोह करौली धौलपुर मैसूर और रायपुर संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के जरिए बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि तमाम विरोधों के बावजूद पार्टी समाज सेवा का काम जारी रखेगी श्री मोदी ने कहा कि पार्टी के लिए सत्ता हासिल करना सेवा का अवसर पाना है बाइट ब्रथ लेवल पर सामान्य मानव की आवाज ऊपर तक पहुंचे हां चूनाव जीतना भी जरूरी होगा क्योंकि चुनाव जीतना ये हमारे लिये किसी को परास्त करने का अहंकार नहीं है हमारे लिए ये सेवा करने का एक अवसर है चुनाव हो या न हो हमारा काम निरंतर यही है कि हम लगातार कोशिश करते रहे जन सामान्ये से हम जुड़े जन सामान्य को हमारे साथ जोड़े प्रधानमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं का आहवान किया कि वे परिश्रमी विनम्र विश्वासी और उदार बनकर समर्पण भाव से काम कर उन्होंने कहा कि पार्टी की पहचान किसी वंशवादी पहचान से नहीं जुड़ी है

उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नये आयाम स्थापित हो इसके लिए सुखी मन शिक्षक तनाव मुक्त विद्यार्थी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संकल्पना को साकार करना होगा

लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि कोई भी इलाका पेयजल के अभाव से नहीं जूझेगा और गांव गांव तक साफ पानी पहुंचाया जायेगा

उन्होंने कहा कि प्रदश के कुछ इलाकों में पानी द्रषित खारा आर्सेनिक और फ्लोराइड युक्त है ऐसे क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है उच्चतम न्यायालय ने रीयल एस्टेट कंपनी आम्रपाली की नोएडा और अन्य स्थानों में स्थित नौ संपत्तियां सील करने का निर्देश दिया है

न्यायमूर्ति यूयू ललित और डीवाईचन्द्रचूड़ की पीठ ने समूह की नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सात तथा बिहार के राजगीर और बक्सर में दो संपत्तियों को सील करने का निर्देश देते हुए कहा कि इन संपत्तियों की चाबी उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार को सौंपी जाएं उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को आम्रपाली समूह के तीन निदेशकों को अदालत के आदेश का पालन न करने के कारण पुलिस हिरासत में भेज दिया था नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि प्रौद्यागिकी संबंधी बाधाओं से परम्परागत विर्निर्माण रोजगार और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा

श्री कांत ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए रोजगार के नये अवसरों का सूजन करना होगा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

प्रदेश के पश्चिमी अंचल के कई जगहों पर आज दोपहर तेज आंधी बारिश और छिटपुट ओलावृष्टि के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है मौसम के इस बदलाव से धान की फसल को आंशिक नुकसान पहुंचा है बरेली से हमारी प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट आज दोपहर बरेली में मौसम ने अचानक करवट बदली और देखते ही देखते आसमान में घने बादलों के साथ तेज आंधी शुरू हो गयी आंधी के साथ बारिश भी शुरू हो गयी लगभग एक घंटा हुई तेज बारिश और आंधी से जहा तापमान में गिरावट आई है लोगो को घरों से बाहर निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा वही खेतों में खड़ी धान की फसल को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है कुछ जगह फसल लोट गयीं है हालांकि अभी नुकसान का आंकलन करना थोड़ा मुश्किल है तेज आंधी और बारिश से कई इलाकों की विध्यत आपूर्ति ठप हो गयी है

रामपुर जिले में अचानक हुई बारिश से लोगों पर असर पड़ा है एक रिपोर्ट जिले में दोपहर के समय अचानक मौसम ने का मिजाज बदल गया तेज और ध्रलभरी ठण्डी हवा चलने लगी आकाश में काली घटा छाने से खिली हुई धूप अंधेरे में परिवर्तित हो गयी करीब एक घंटे हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हुई खेतों में खड़ी फसलों विशेषकर धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है जिससे किसानों के चेहरे मुरझा गये हैं शन्नू खान आकाशवाणी समाचार रामपुर उधर मुजफ्फरनगर और पीलीभीत में बारिश और तेज़ आंधी से आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा मुजफ्फरनगर ज़िले के पुरकाजो मोरना चरथावल जानसठ और सदर ब्लाकों में मूसलाधार बारिश और ओले गिरने से धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है जबकि कुछ जगहों पर गन्ने की फसल को भी क्षति पहुंची है इस्लामी विद्वान और शिया धर्मगुरू मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में तीन तलाक को पूरी तरह से समाप्त करने की पहल होनी चाहिये वह आज जौनपुर में एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि तीन तलाक पवित्र ग्रन्थ करान के अनुरूप नहीं है इस्लाम में महिलाओं पर किसी भी तरह का अत्याचार जायज नहीं है इसलिए तीन तलाक़ की प्रथा पर सख्ती से प्रतिबंध लगना चाहिए हालांकि मौलाना जव्वाद ने जोर देकर कहा कि धार्मिक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप भी उचित नहीं है सम्पूर्ण क्रांति के प्रणेता सोशलिस्ट नेता लोकनायक जय प्रकाश नारायण की जयन्ती पर आज राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई इस अवसर पर राज्यपाल राम नाईक ने एक संदश में कहा है कि लोकनायक जय प्रकाश नारायण में अद्भुत संगठनात्मक क्षमता थी और उनके विचारों से लोगों को ताकत और प्रेरणा हासिल हाती है श्री नाईक ने कहा कि लोकनायक ने स्वाधीनता आन्दोलन और आपातकाल के दौरान अहम भूमिका निभाई थी जातीयता भ्रष्टाचार और असमानता को दूर करने में स्वर्गीय जय प्रकाश नारायण के विचार आज भी प्रासंगिक है वे राजनैतिक आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक और बौद्धिक क्रांति के पक्षधर थे हरदोई के जिलाधिकारी पुलकित खरे को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पोषण अभियान प्रस्कार प्रदान किया है देश के जिन पांच जिलों को कुपोषण से सुपोषण की तरफ चलने के लिए पुरस्कार दिया गया है उनमें हरदोई भी शामिल है पुलकित खरे ने पोषण मिशन एक सौ बीस नाम से यह अभियान अभिनव प्रयोग के रूप में चलाया है जिसके तहत ज़िले के एक सौ बीस गांवों में स एक सौ चार गांव अब तक कपोषण मुक्त हो चुके हैं इसके अलावा ज़िले में पोषण पुनर्वास केन्द्र की स्थापना भी की गई हैं जिसमें शून्य से पांच वर्ष तक के कुपोषित बच्चों को चौदह दिनों तक भर्ती करके पोषण संबंधी इलाज मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है